सांसदों से राजनीति की बजाय जनहित में कार्य करने को कहा उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष किया गया नियुक्त कल से लखनऊ में पांच दिवसीय बासठवीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का हुआ शुभारम्भ पवित्र श्रावण मास आज से शुरू शिवमंदिरों में श्रद्वालुओं की लगी है भीड़ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पार्टी सांसदों को नई सरकार की योजनाओं के बारे में अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने को कहा है कल संसद भवन में पार्टी सांसरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र के लोगों के लिए नई योजना बनानी चाहिए बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कुष्ठ रोग और तपेदिक जैसी बीमारियों के उन्मूलन पर जोर दिया और सांसदों से इस दिशा में प्रयास करने की अपील की पार्लियामेंट के सदस्यों के लिए पार्लियामेंट की ड्यूटी के अलावा एक उन्होंने सुझाव दिया है आग्रह किया है मिशन रूप से काम करना है

प्रधानमंत्री ने सांसदों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीति पर ध्यान केन्द्रित करने की बजाय जनहित में काम करने को कहा है प्रधानमंत्री ने सदन में मंत्रियों की अनुपस्थिति पर भी चिंता जताई रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बनाए जा रहे दो रक्षा औद्योगिक गलियारों की प्रगति की समीक्षा की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उन्होंने इस काम में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए इन गलियारों के बनाए जाने में होने वाले निवेश पर भी बैठक में चर्चा की गई केन्द्र सरकार ने हाल में डाक विभाग में पोस्टमैन और अन्य पदों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा को रद्द कर दिया है राज्यसभा में ए आई ए डी एम के और डी एम के सदस्यों के विरोध प्रदर्शन के बाद यह निर्णय लिया गया विपक्षी दल चौदह जुलाई को हुई इस परीक्षा को केवल अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में आयोजित कराने का विरोध कर रहे थे संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब यह परीक्षा हिन्दी और अंग्रेजी के साथ तमिल में भी आयोजित की जाएगी केन्द्रीय पंचायत राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि भारत नेट कार्यक्रम के अन्तर्गत अँप्टिकल फाइबर से जुड़ी एक लाख अट्ठाईस हजार से अधिक ग्राम पंचायतें अपने यहां किये गये कार्यक्रमों और लाभार्थियों को दी गई सहायता के सबूत के तौर पर छायाचित्र अपलोड कर रही हैं हर पंचायत में कनेक्टिविटी उपलब्ध हो यह हमने सुनिश्चित करने की कोशिश की है

भारत ऑप्टिकल फाइबर से हर दृष्टि से पंचायतों को अपनी वेबसाइट बनाने की आजादी है और अगर पंचायतें हमारे पोर्टल पर जुड़ना चाहती हैं तो निश्चित रूप से हमने उनको सारी सर्विस प्रोवाइड कर रखी हैं नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि दो लाख उन्नीस हजार ग्राम पंचायतों ने अपनी विकास परियोजनाएं और शुरू किए गये सोलह हजार कार्यो का विवरण वेबसाइट पर डाला है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार में परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है

स्वतंत्र देव सिंह के प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष बनने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम नेताओं ने बधाई दी है

लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लाम के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के नाम से एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना शुरू की है उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को एक निर्धारित राशि का भ्गतान करना होगा और केंद्र सरकार भी उतनी ही राशि लाभार्थी के खाते में जमा कराएगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रदेश में बड़ी संख्या में युवाओं को उद्योग लगाने के लिए सक्षम बना रही है इस योजना के अंतर्गत पांच लाख से अधिक य्वाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इतने ही बेरोजगार य्वा प्रशिक्षण पाने के लिए पंजीकृत किए गए हैं इस योजना के तहत प्रशिक्षण के साथ ही मंत्रालय द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाने वाले कौशल और रोजगार मेले प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं कल से लखनऊ में पांच दिवसीय बासठर्वी ऑल इंडिया पुलिस इयुटी मीट का श्मारम्म हुआ

उन्होंने कहा कि आतंकवाद भ्रष्टाचार और नक्सलवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिये अति आध्निक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाना चाहिये उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में और सुधार के लिये मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं इस अक्सर पर विभिन्न प्रदेशों की पुलिस टीमों द्वारा मार्च पास्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया गुरू पूर्णिमा का पर्व कल धार्मिक उल्लास और श्रद्वा के साथ मनाया गया इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अध्यापकों गुरूओं और मार्गदर्शको को शुभकामना दी उन्होंने कहा कि वे उन सभी गुरूओं को नमन करते हैं जिन्होंने समाज को बनाने और उसे प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है यह दिन भारत नेपाल और भूटान में हिंदुओं जैन और बैद्वों द्वारा त्योहार के रूप में मनाया जाता है इस अवसर पर बड़े सबेरे से ही लोगों ने पवित्र नदियों और जलाशयों में स्नान ध्यान के बाद अपने अपने गुरूओं को नमन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में गुरू गोरक्षनाथ सहित नाथ पंथ के अपने सभी गुरूओं की पूज अर्चना की इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते उन्होंने कहा कि गुरू परम्परा भारत देश के मूल में है अयोध्या में लोगों ने नागेश्वरनाथ कनक भवन रामजन्म भूमि मंदिर सहित अन्य मंदिरों में पूजा की वाराणसी में मठों और मंदिरों में आशीर्वाद के लिये शिष्यों का तांता लगा रहा हमीरपुर में गुरू पूर्णिमा का पर्व परम्परागत ढंग से मनाते हुए पूजा अर्चना के साथ गुरूओं को मात्यार्पण कर सम्मानित किया गया चित्रकूट में लाखों की संख्या में श्रद्वालुओं और शिष्यगणों ने कामदगिरी की परिक्रमा के बाद विभिन्न अखाड़ों मंदिरों और मठों में अपने गुरूओं की पूजा अर्चना की मथुरा के गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा मेले के अवसर पर लोगों ने गोवर्धन की परिक्रमा अपने अपने ढंग से लगाई और गुरूओं का आशीर्वाद प्राप्त किया पवित्र श्रावण मास आज से शुरू हो गया है विभिन्न शिवालयों मे श्रद्वालुओं की भारी भीड़ जुटने के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किये गये हैं वाराणसी में श्रद्वालुओं द्वारा भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है अयोध्या में भी नागेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्वालु जलाभिषेक कर रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया स्थित दुग्धेश्वरनाथ मंदिर संत कवीर नगर जिले के तामेश्वरनाथ मंदिर गोरखपुर जिले के झारखण्डी महादेव मंदिर मुंजेश्वरनाथ मंदिर सहित विभिन्न शिव मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए श्रद्दालुओं की भारी भीड़ लगी है उच्चतम न्यायालय ने दिमागी बुखार पर नियंत्रण के लिए तत्काल उपायों की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केन्द्र बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है याचिका में पीड़ित व्यक्तियों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिये जाने को भी कहा गया है प्रघान न्यायावीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वास्थ्य मंत्रालय तथा बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को नोटिस जारी किया याचिका में दिमागी बुखार से ग्रस्त सभी बच्चों के शीघ्र निशुल्क उपचार की भी मांग की गई समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद नीरज शेखर कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये उन्होंने परसों समाजवादी पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था श्री रोखर पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर के पूत्र है